उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर लोकसभा में विस्तार से चर्चा हो चुकी है और उच्चतम न्यायालय ने भी इस मामले का निपटान कर दिया है गृहमंत्री ने आज लोकसभा में शून्यकाल के दौरान चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि विपक्ष को स्वस्थ राजनीति करनी चाहिए इससे पहले लोकसभा में कांप्रेस दल के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने रफाल सौदा मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी से कराने की मांग की श्री खड़गे ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री इस मामले में कुछ छिपाना नहीं चाहते हैं तो उन्हें सामने आना चाहिए और मामले की जांच जेपीसी से करानी चाहिए युवा स्वाभिमान योजना मनरेगा तर्ज पर शहरी युवाओं को रोजगाार देने के लिये शुरू की गई युवा स्वाभिमान योजना में आज से पंजीयन शुरू हो गये हैं

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गणतंत्र के अवसर पर योजना की घोषणा की थी जिसे हाल में मंत्री परिषद द्वारा मंजूरी दी गई

योजना के तहत दो लाख रूपये से कम वार्षिक आय वाले परिवार से ताल्लुक रखने वाले बेरोजगार युवा पात्र होंगे

इस दौरान उन्हें चार हजार रूपये प्रति माह स्टाईपैंड दिया जायेगा प्रतिवाद दिवस अधिवक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज प्रदेश में भी अधिवक्ता प्रतिवाद दिवस मना रहे हैं

इस दौरान आंदोलित अधिवक्ता प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंपेगे जबलपुर में स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष शिवेन्द्र उपाध्याय और स्टेयरिंग कमेटी के संयोजक आदर्शमुनि त्रिवेदी ने बताया कि प्रतिवाद दिवस के जरिए अधिवक्ता बैठने के लिए चेम्बर हहल ई लायब्रेरी अधिवक्ता और उनके परिवारों के लिए इंश्योरेंस सुविधा पेंशन और पांच वर्ष तक स्टाइपेंड की सुविधा देने की मांग कर रहे है नर्मदा जयंती प्रदेश में आज नर्मदा जयंती पारंपरिक श्रद्धाभाव के साथ मनाई जा रही है इस अवसर पर संस्कृति मंत्री डहू विजयलक्ष्मी साधी खरगौन जिले के मण्डलेश्वर नर्मदा घाट में नदी महोत्सव का शुभारंभ करेंगी

होशंगाबाद से हमारे संवाददाता ने बताया है कि नर्मदा जयंती के अवसर पर सुबह से नर्मदो तटों और घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान कर दान पुण्य कर रहे हैं यहां कत शुरू हुआ दो दिवसीय नर्मदा जयंती महोत्सव आज शाम महाआरती और भजन संध्या के साथ समाप्त हो जायेगा शहर के संठानी घाट स्थित नर्मदा मंदिर में श्रद्धालु मां नर्मदा का जन्मोत्सव मना रहे हैं इस दौरान जगह जगह भंडारे भी आयोजित किये गये हैं उधर जबलपुर में नर्मदा जयंती पर शहर में कई जगह मां नर्मदा की प्रतिमा स्थापित की गई है नगरनिगम और स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा आज शाम मां नर्मदा की महाआरती की जायेगी वहीं खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में श्रद्धा और उत्साह के साथ नर्मदा जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है डिंडौरी में भी सुबह से ही श्रद्धालु नर्मदा तटों पर स्नान कर पूजा अर्चना कर रहे हैं नरसिंहपुर मंडला सहित विभिन्न जगहों से नर्मदा जयंती मनाये जाने के समाचार मिलें हैं

इस दौरान श्री राठौर ने कहा कि बुंदेलखंड के लोग पूरे देश में नाम रोशन कर रहे हैं